वे कल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री की पहली सभा कल अलवर में होगी सोमवार को श्री मोदी भीलवाड़ा बेणेश्वरधाम और कोटा में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे

कांग्रेस भाजपा सहित अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता सघन चुनाव प्रचार में लग गये है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर जिले के ओसियां भोपालगढ बिलाडा और नागौर जिले में मेडता रोड अजमेर जिले में किशनगढ और जयपुर जिले के दूदू और बगरू में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज चित्तौडगढ भीलवाडा जिले के बागौर और अजमेर नसीराबाद के रामसर गांव में चुनावी सभाओं को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है भाजपा के प्रदेश मे चुनाव प्रभारी और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल जोधपुर में प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल टोंक जिले के निवाई बूंदी जिले के नैनवां में और प्रतापगढ जिले के धमोतर में जनसभाओं को सम्बोधित किया धमोतर में श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने जनता के धन को विकास कार्यों के माध्यम से जनता को वापस लौटाया है उन्होंने कहा कि गौरव यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर खर्च किए धन का हिसाब दिया गया है

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कई स्थानों पर चुनावी सभाओं को सम्बोधित किया श्री गहलोत ने ड्रेंगरपुर में चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए भाजपा पर धनबल की राजनीति करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि राज्यमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा ने सत्ता में आते ही कमजोर कर दिया उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पुनः सत्ता में आई तो भाजपा सरकार की किसीयोजना को बंद नहीं किया जाएगा

उधर भाजपा प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चुनाव में सीपी जोशी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की

सरगम सप्ताह के सातों दिनों में य्वाओं महिलाओं और दिव्यांगजन को भी ध्यान में रखकर विशेष कार्यक्रम होंगे जिनके माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इनमें मतदान संदेश के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे झालरापाटन में चल रहे चन्द्रभागा मेले के दौरान स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान प्रतिशत बढाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी लगाई गई है जहां ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है

कार्यालय खोलते समय किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा साथ ही बैनर और होर्डिंग्स की साईज भी तय की गई है जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसके उल्लंघन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सतर्कता दल गठित किये गये हैं

यहां चौकियों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है सुबह कोहरे के दौरान घ्सपैठ की आशंका को देखते हुए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है

शाम के समय जहां मेला ग्राउण्ड में संगीत संध्या होगी वहीं पश्पालन विभाग की ओर से सुबह रस्साकशी और कृश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी

उन्हें स्वच्छ भारत मिशन पर सुझाव देने के लिए चयनित किया गया है

दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले में ब्यावर की तिल पट्टी गजक बीकानेर की पापड भूजिया कैर सांगरी जोधपुर की कचौरी और अन्य व्यंजनों की अच्छी बिकी हो रही है